दारोगा बहाली के लिये चल रही शारीरिक परीक्षा में चौबीस गिरफ्तार

सीबीआई ने सूजन घोटाला मामले में दो बैंककर्मियों को गिरफ्तार किया है बैंक ऑफ बड़ौदा की पूर्णिया शाखा में पदस्थापित रिकवरी मैनेजर वरूण कुमार और इंडियन बैंक के पूर्व सहायक मैनेजर रामकृष्ण झा को गिरफ्तार किया गया है

पूछताछ खत्म होने के बाद इनकी गिरफ्तारी हुयी इन दोनों पर भागलपुर में पदस्थापना के दौरान करोड़ों रूपये की सरकारी राशि सृजन महिला सहयोग समिति के खाते में ट्रांसफर करने का आरोप है सीबीआई ने मुजफ्फरपुर बालिका गृह यौन शोषण मामले की जांच की प्रगति से संबंधित रिपोर्ट पटना उच्च न्यायालय को सौंप दी है इस मामले की अगली सुनवाई कल होगी मुख्य न्यायाधीश एम आर शाह और न्यायमूर्ति आशुतोष कुमार की खंडपीठ ने सीबीआई को यह बताने को कहा है कि पिछली सुनवाई के दौरान दिये गये आदेश का अब तक पालन हुआ है या नहीं केंद्र सरकार ने फैकेल्टी और मरीजों की कमी के कारण प्रदेश के पांच होमियापैथिक मेडिकल कॉलेजों में नामांकन पर रोक लगा दी है जिन संस्थानों में नामांकन पर रोक लगायी गयी है उसमें रामबालक सिंह होमियोपैथिक मेडिकल कॉलेज और अस्पताल गया मगध होमियोपैथिक मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल बिहारशरीफ बीएनएम होमियोपैथिक मेडिकल कॉलेज एण्ड हॉस्पिटल सहरसा द टेम्पल ऑफ हेनिमैन होमियोपैथिक मेडिकल कॉलेज एण्ड हॉस्पिटल मुंगेर तथा डॉक्टर हलीम होमियापैथिक मेडिकल कॉलेज एण्ड हॉस्पिटल दरभंगा शामिल हैं इसके साथ ही मुजफ्फरपुर पटना और कटिहार स्थित पांच होमियापैथिक मेडिकल कॉलेजों में नामांकन की अनुमति भी आयुष मंत्रालय ने दी है दारोगा बहाली के लिये पटना में चल रही शारीरिक परीक्षा के दौरान चौबीस फर्जी अभ्यर्थियों को गिरफ्तार किया गया है इनमें से तेईस पैसे लेकर दूसरे अभ्यर्थियों के बदले दौड़ में शामिल हो रहे थे जबकि एक अभ्यर्थी खुद दौड़ में शामिल हो रहा था लेकिन लिखित परीक्षा में वह खूद शामिल नहीं हुआ था अवर पुलिस सेवा आयोग के ओएसडी अशोक प्रसाद ने बताया कि असली अभ्यर्थियों के खिलाफ मामला दर्ज कर उन्हें भी गिरफ्तार किया जायेगा वहीं रेलवे की ग्रप डी की हो रही परीक्षा के दौरान पटना और मुजफ्फरपुर से दो दो फर्जी परीक्षार्थियों को गिरफ्तार किया गया है पंद्रह दिन से अधिक बिना सूचना दिये गैरहाजिर रहने पर संविदाकर्मियों की नौकरी समाप्त हो जायेगी राज्य सरकार ने संविदाकर्मियों के स्थायीकरण के लिये गठित अशोक चौधरी समिति की यह अनुशंसा लागू कर दी है वहीं संविदाकर्मियों को एक वर्ष में सोलह दिनों का आकस्मिक अवकाश और सोलह दिन का अर्जित अवकाश मिलेगा मातृत्व पितृत्व और अवैतनिक अवकाश की भी सुविधा दी गयी है संविदा पर काम कर रही महिलाकर्मी यदि तीन माह से कम उम्र का बच्चा गोद भी लेती है तो भी उसे मातृत्व अवकाश का लाभ मिलेगा साथ ही सेरोगेट मदर को भी बारह सप्ताह की छूट्टी दी जायेगी इसके अलावा संविदाकर्मियों को यात्रा भत्ता देने की भी व्यवस्था की गयी है केंद्रीय जल संसाधन मंत्री नितिन गडकरी ने कहा है कि संसद के अगले सत्र में गंगा संरक्षण को लेकर कानून लाया जायेगा नई दिल्ली के गांधी शांति प्रतिष्ठान में आयोजित गंगा सम्मेलन में श्री गडकरी ने ये घोषणा की उन्होंने कहा कि गंगा की अविरलता और निर्मलता के लिये सरकार पच्चीस हजार करोड़ रूपये खर्च करेगी केंद्रीय मंत्री ने बताया कि मंत्रालय के तहत विभिन्न राज्यों में गंगा की साफ सफाई के लिये चल रही योजनाओं में से सत्तर प्रतिशत को पूरा कर लिया गया है भाजपा पूरे प्रदेश में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जीवन पर आधारित लघु फिल्म चलो जीते हैं का प्रदर्शन करेगी प्रदेश अध्यक्ष नित्यानंद राय ने बताया कि इसके लिये चार रथों को रवाना किया गया है

शिक्षा विभाग के प्रधान सचिव ने ये जानकारी देते हुये बताया कि अब बड़े जिलों में तीन और छोटे जिलों में दो आधार केंद्र खोले जायेंगे पटना के डीएम रहे डॉक्टर प्रदीप कुमार की लगभग सवा दो करोड़ रूपये मूल्य की संपत्ति प्रवर्तन निदेशालय ने जब्त की है इसमें कोलकत्ता और रांची स्थित दो आवासीय फ्लैट शामिल हैं ये कार्रवाई एनएचआरएम घोटाला मामले में हुयी है पटना उच्च न्यायालय ने पटना डोभी फोरलेन सड़क निर्माण कार्य एक साल में पूरा करने का भारतीय राजमार्ग प्राधिकरण को आदेश दिया है कोसी एक्सप्रेस डकैती कांड में रेल पुलिस ने दो अपराधियों को पटना के नदी थाना क्षेत्र से हथियारों के साथ गिरफ्तार किया है तेलंगाना के नालगोंडा के चर्चित ऑनर किलिंग मामले में हत्या को अंजाम देने वाले सुभाष शर्मा को तेलंगाना और बिहार पुलिस ने समस्तीपुर जिले के जगतसिंहपुर से गिरफ्तार कर लिया है बिहार लोक सेवा आयोग ने बाल विकास परियोजना पदाधिकारी की प्रारंभिक परीक्षा का परिणाम जारी कर दिया है प्रारंभिक परीक्षा में कुल चार सौ चौबीस परीक्षार्थी उत्तीर्ण घोषित किये गये हैं वहीं तिरसठवीं संयुक्त प्रारंभिक प्रतियोगिता परीक्षा के लिये पूर्व घोषित चार हजार दो सड़सठ के अतिरिक्त छियानवे नये अभ्यर्थियों को भी उत्तीर्ण घोषित किया गया है ये अभ्यर्थी दिव्यांगता और स्वतंत्रता सेनानियों के परिजनों के कोटि के अंतर्गत आरक्षित श्रेणी के अंतर्गत सफल घोषित किये गये हैं प्रदेश में चिकित्सकों पशु चिकित्सकों और सहायक अभियंताओं की बहाली अंकों के आधार पर होगी इन पदों पर नियुक्ति के लिये अब साक्षात्कार नहीं होगा सामान्य प्रशासन विभाग ने इस संबंध में संकल्प जारी कर दिया है बिहार राज्य कर्मचारी चयन आयोग द्वारा ड्राईवर कारा निरीक्षक और राजभाषा अनुदेशक के पदों पर भर्ती के लिये होने वाली परीक्षा तेईस सितंबर को पटना में होगी प्रबंधन संस्थानों में नामांकन के लिये आयोजित होने वाली कॉमन एडमिशन टेस्ट कैट के लिये निबंधन की तिथि छब्बीस सितंबर तक के लिये बढ़ा दी गयी है पटना के पाटलिपुत्र खेल परिसर में आज से राष्ट्रीय सैंबो रूसी कुश्ती प्रतियोगिता शुरू हो रही है आयोजन समिति के अध्यक्ष विशाल सिंह ने बताया कि प्रतियोगिता में सब जूनियर जूनियर यूथ और सीनियर श्रेणी में बालक तथा बालिका वर्ग के मुकाबले होंगे प्रतियोगिता में विभिन्न राज्यों के पांच सौ से अधिक पहलवान भाग लेंगे

एशिया कप अंडर नाईंटीन क्रिकेट प्रतियोगिता के लिये बिहार के तेज गेंदबाज शब्बीर खान का चयन हुआ है शब्बीर छह अक्टूबर से बांगलादेश में होने वाली प्रतियोगिता में भारत का प्रतिनिधित्व करेंगे बेगूसराय जिले के तेघड़ा थाना क्षेत्र अंतर्गत मध्रापुर से पुलिस ने सत्तर लाख रूपये मूल्य की छह सौ अठावन कार्टन शराब बरामद की है मौके से चार लोगों को गिरफ्तार किया गया है अब पटना से प्रकाशित प्रमुख समाचार पत्रों की सुर्खियां आज के सभी समाचार पत्रों ने अलग अलग खबरों को अपनी सुर्खी बनायी है हिन्दुस्तान ने मुजफ्फरपूर बालिका गृह यौन शोषण मामले में नया जांच दल बनाने के पटना हाई कोर्ट के आदेश पर सुप्रीम कोर्ट द्वारा रोक लगाये जाने के से जुड़ी खबर को पहले पन्ने पर प्रकाशित किया है दैनिक जागरण ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बयान को प्रमुखता देते हुये लिखा है काशी मेरी मालिक पाई पाई का हिसाब देना मेरा दायित्व प्रभात खबर की सुर्खी है मदन मोहन झा बने प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष अखिलेश सिंह चुनाव प्रचार समिति के अध्यक्ष दैनिक भास्कर लिखता है मोहन भागवत ने कहा हिन्दू राष्ट्र में मुस्लिम नहीं रहेगा तो हिंदुत्व भी नहीं बचेगा राष्ट्रीय सहारा की सुर्खी है इक्यानवे सौ करोड़ रूपये के रक्षा सौदों की मंजूरी आज लिखता है ट्रेनों में रिजर्वेशन चार्ट लगाने की व्यवस्था बंद

दारोगा बहाली के लिये चल रही शारीरिक परीक्षा में चौबीस गिरफ्तार